इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की स्मृति के रूप में प्रति वर्ष सोलह दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा और कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद रखेगा

कल गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हे आश्वस्त करना जारी रखेगी मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाघान के लिये सरकार चौबीसों घंटे तैयार है किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकतायों में से एक रहा है खेती पर किसानों का खर्च कम हो उन्हें नये नये विकल्प मिलें उनकी आय बढ़े किसानों की मुश्किलें कम हों इसके लिये हमने निरन्तर काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारों के मृद्दे पर किसानों को ग्मराह किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि जो कृषि सुधार किए गए हैं वे वही हैं जिनकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टिया कई वर्षो से मांग कर रहे थे हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाये जो लोग विफ्स में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे तेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाये किसानों को झूठे दिलासे देते रहे जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गये हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्व है और वह किसानों की चिंताओं का समाधान करते हुए उन्हें इस बारे में आश्वास्त करती रहेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि सुधार किये गये हैं वे बिलकुल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के सुधारों के लिए किसान निकाय और विपक्षी दल वर्षो से मांग करते रहे हैं प्रदेश शासन द्वारा कल सत्रह दिसम्बर को प्रत्येक जनपद में पेंशनर्स दिवस मनाये जाने के निर्देश दिये गये है पेंशनर्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यालयाध्यक्ष अथवा कार्यालय के किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी को कार्यक्रम में उपस्थित रहने तथा पेंशनर्स की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने हेतु कार्यवाही करने के भी निर्देश दिया गया

गोरखपुर के जिलाधिकारी ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि कल पेंशनर्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वयं अथवा कार्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी को उपस्थित होना सुनिश्चित करें पेंशनर्स दिवस का आयोजन जिला पंचायत सभागार कक्ष में किया जायेगा मऊ जिले में क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार आजमगढ़ इकाई की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों को अपनाने तथा लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान सचल चित्र प्रदर्शनी वैन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया

सम्मल जिले में एक सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि बाईस अन्य घायल हो गये यह दुर्घटना आज सुबह सम्मल मुरादाबाद हाई वे पर मानकपुर गांव के पास उस समय हुई जब एक रोड़वेज बस की गैस टैंकर से सीधी मिड़त हो गयी दुर्घटना में घायल छ लोगों की हालत नाजुक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों की हर सम्भव सहायता करने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर दुखः व्यक्त किया है